मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सरकार के मौजूदा कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने बताया कि इस बैठक में राजस्थान से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं और मंत्रियों की जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने मन्दिर की नई वेबसाइट का शुभारम्भ भी किया मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि गुजरात के अहमदाबाद के एक संस्थान के साथ राज्य सरकार का एमओयू है जिसके तहत हृदय की बीमारियों से ग्रसित बच्चों का वहां निःशुल्क इलाज किया जाता है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल के एड्स दिवस की थीम समुदाय लाएंगे बदलाव रखी है एड्स दिवस पर जयपुर सहित प्रदेशभर में भी जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे है बाड़मेर में इस मौके पर मिनी मैरांथन दौड़ आयोजित हुई जिसे जिला कलेक्टर ने आदर्श स्टेडियम से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उदयपुर में कॉलेज विद्यॉर्थियों की पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया वहां विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रभातफेरी और जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं सवाईमाघोपुर में भी एड्स दिवस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई

मंत्रालय में अपर सचिव रवि अग्रवाल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों और पेशेवर फिल्मकारों को उनकी फिल्मों और वृत्तवित्रों के लिए पुरस्कार दिये

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस वर्ष जून में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रमों के दौरान हरित फिल्मोत्सव की घोषणा की थी

इस दौरान जिला न्यायाधीश और जिला कलेक्टर ने शिविर के दौरान किए जाने वाले कार्यो और योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी

श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी नकली शराब की खैप को झुंझनू बांसवाड़ा उदयपुर और अहमदाबाद में बेचते थे